इसके अंतर्गत आज से पांच जुलाई तक की अवधि के लिए स्थानांतरण किये जा सकेगे प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए पदस्थापना कर सकेंगे इसके अलावा शेष अवधि के लिए तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा इस नीति के अनुसार जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बिना तबादला नहीं होगा वहीं एक से दूसरे जिले और राज्य स्तर पर तबादलें के लिए विभागीय मंत्री से अनुमति लेनी पड़ेगी परिवहन विभाग की अपनी नीति होने के कारण इसे छोड़कर शेष अन्य विभागों में यही नीति लागू होगी सरकार शुल्क माफ सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत संचालित जन शिक्षण संस्थाानों के व्यावसायिक प्रशिक्षण में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों का शिक्षण शुल्क माफ कर दिया है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडेय की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित पहली समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने वाले कौशल पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत करना है डॉ पांडेय ने कल ही मंत्रालय का कार्यभार संभाला पर्यावरण दिवस आज विश्व पर्यावरण दिवस है इस उपलक्ष्य पर प्रदेश में विभिन्न कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन एप्को राष्ट्रीय हरित कोर योजना के अंतर्गत उज्जैन होशंगाबाद ग्वालियर जबलपुर और छिंदवाड़ा जिलों के ईको विद्यालयों में छात्रों के लिये क्वीज और चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन किये जाएंगे

भोपाल के मिन्टो हॉल में सुबह एक व्याख्यानमाला आयोजित होगी राजधानी में रन फॉर इन्वारमेंट मिनि मैराथन भी आयोजित की जा रही है पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्कों के परिसर में गांधी दर्शन और पर्यावरण विषय पर आईआईएम इन्दौर के निदेशक हिमांशु राय व्याख्यान देंगे

उमरिया में उमरार नदी के खलेसर घाट पर नदी की साफसफाई कर पौधरोपण किया जायेगा वहीं बांधवगढ़ में आयोजित संगोष्ठी में पर्यावरणविद अपने विचार रखेंगे

दो वर्ष के प्रशिक्षण के बाद विभिन्न जिलों में जा रहे सूबेदारों और उपनिरीक्षकों को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक वीकेसिंह ने कहा कि दृढ़ता और विनम्रता पुलिस अधिकारी का आधारभूत गुण होना चाहिए श्री सिंह ने अपराध की जांच में संबूत एकत्रित करने के संबंध में आध्निक विधि के साथ पारंपरिक ज्ञान के उचित समन्वय और उपयोग पर जोर दिया

कल शाम चांद दिखने के साथ ही मुस्लिम समाज में खूशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने एक दूसरे को मुकारकबाद दी भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी के नेतृत्व में मोती मस्जिद में बैठक में दूसरे शहरों में चांद दिखने की पुष्टि के बाद आज ईद मनाने का ऐलान किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री कमलनाथ और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने ईद पर लोगों को मुबारकबाद दी है राज्यपाल ने कल राजभवन के कर्मचारियों और उनके परिजनों को रोज इफ्तार कराया और उनको मुबारकबाद दी उमरिया में ईद के लिए मुस्लिम समाज ने जुलूस निकालने और लंगर की तैयारी की है खंडवा में सिंगाडतलई स्थित ईदगाह पर मुख्य नमाज सहित विभिन्न मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है इसके पूर्व कल दाऊदी बोहरा समाज द्वारा ईद मनाई गई किकेट विश्वकप आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज साउथैम्पटन में इस विश्व कप में भारत पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा

अब तक हारा एक और मैच कल लंदन में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा

आकाशवाणी कल से हर दिन विश्व कप के मैचों की लाइव कमेंट्री प्रसारित करेगा प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेमपती ने कहा कि आकाशवाणी से प्रसारित की जाने वाली कमेंट्री पहली बार इंटरनेट के माध्यम से भी सुनी जा सकती है सूचना आकाशवाणी भोपाल आज से आई सी सी किकेट विश्वकप के अंतर्गत भारत द्वारा खेले जाने वाले सभी मैचों के अतिरिक्त दो सेमीफाइनल्स और फाइनल मैचों का आंखो देखा हाल प्रसारित करेगा

कल डबलिन आयरलैंड में हुए मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को एक शून्य से हराकर यह फाइनल मैच जीता इस जीत का मतलब भारत द्वारा इस मुकाबले में कोई भी मैच नहीं हारना है चार मैचों में तीन गोल करके मुमताज खान टूर्नामेंट के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने